बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कल पांचवें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं बाईट हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका अब नौ तारीख को पुन ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोंजे लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में ये उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता श्री तोमर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी

हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है इससे पहले श्री तोमर ने चालीस किसान संघ के नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सकें बाईट एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है एपीएमसी और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को यह विश्वास होना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी सरकार जो कुछ भी करेगी वह किसानों के हित में होगा श्री तोमर ने दोहराया सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है बाईट मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी है और आने वाले कल में भी रहेगी अगर आप छह वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है योजनाएं बनी है बजट बढ़ा है एमएमपी बढ़ी है सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान मंहगी फसलों के प्रति आकर्षित हो सकें किसान टैक्नॉलोजी से जुड़ सकें और किसान सफलता की और बढ़ सकें इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है कृषि मंत्री ने किसान संघों को विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन बनाये रखने के लिए धन्यवाद दिया है कृषि प्रधान औरंगाबाद जिले के किसानों ने कृषि बिल और किसान सम्मान निधि समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत किया है किसानों का मानना है कि नये कृषि बिल से उन्हें अपनी उपज बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिल गयी है इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी जिले के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से किसानों के लिए उठाए गये कदमों से उन्हें काफी लाभ पहुंचा है और खेती में भी मदद मिली है

उन्होंने लोगों से संवैधानिक दायरे में आर्थिक और सामाजिक न्याय समान अवसरों और भाईचारे के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए संकल्प लेने का आहवान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी लाखो लोगों को शक्ति देते हैं

राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्माण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से उनके संकल्प को जीवन में सार्थक बनाने की अपील की है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालो की दर सत्तानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है राज्य में अब तक दो लाख बत्तीस हजार चार सौ अड़तीस लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में प्रदेश में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार तीन सौ बानवे है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के पांच सौ पचासी नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक दो सौ इकसठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है मुजफ्फरपुर में सत्ताईस कटिहार में छब्बीस सहरसा और सीतामढ़ी में सोलह सोलह किशनगंज में चौदह और रोहतास तथा पूर्णियां में तेरह तेरह मामले सामने आये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में अब तक एक करोड़ तिरपन लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर चौरानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक इक्यानवे लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग छत्तीस हजार नये मामलों का पता चला है और लगभग बयालीस हजार लोग स्वस्थ हुए हैं इस समय कोरोना के चार लाख तीन हजार दो सौ अड़तालीस रोगियों का इलाज चल रहा है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए बाईट नरेंद्र सैनी हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें प्रदेश के कई भागों में चक्रवाती हवा का दवाब कम होने से ठंड में कुछ कमी आई है गया में न्यूनतम तापमान दस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार के अनुसार दस दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा हालांकि रात में ठंड में वृद्धि हो सकती है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राईवेट छात्रों के लिये फॉर्म भरने की तिथि नौ दिसंबर तक बढ़ा दी है इसके साथ ही छात्र चौदह दिसंबर तक अपने परीक्षा फॉर्म में सुधार कर सकते हैं बोर्ड ने कहा है कि आवेदन फॉर्म जमा करने पर छात्रों को नया रौल नम्बर मिलेगा खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के जीरो माईल पर अज्ञात अपराधियों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य और जदयू नेता नरेश राम की गोली मार कर हत्या कर दी पश्चिम चम्पारण के बेतिया नगर थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर वार्ड नंबर सत्ताईस में एक पुरानी दीवार गिर जाने से दो बच्चियों की दबकर मौत हो गयी सहरसा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भोन गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस ने मौके से चार अर्ध निर्मित पिस्तौल और पांच मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के औजार बरामद किए हैं पटना एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से छतौनी बस स्टैंड में छापेमारी कर नोट ठगी के मामले में कररिया पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सहित दो लोगों को लगभग आठ लाख रूपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है शिवहर के सिविल सर्जन ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में विभिन्न अस्पतालों के उन्नीस चिकित्सकों सहित चार दर्जन कर्मियों के वेतन भूगतान पर रोक लगा दी है अररिया में उत्पाद विभाग की टीम ने टॉल प्लाजा के नजदीक छापेमारी कर एक वाहन से पच्चीस कार्टन शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंखन करने के आरोप में शहर के तीन मॉल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है वहीं जिले में कोरोना जांच करने वाले निजी लैब पर निगरानी के लिए धावा टीम का गठन किया गया है रोहतास के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में सूचना तकनीक विभाग में वेब एप्लिकेशन की उपयोगिता पर आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गयी कार्यशाला में शामिल छात्र छात्राओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया नवादा के विद्यासागर और दुधियाटांड गांव में निकरा परियोजना के अंतर्गत समूह बैठक का आयोजन कर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी गयी पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कुमार और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयवंत सिंह ने किसानों को पशुओं और फसलों में होने वाली बीमारियों और इससे बचाव को लेकर आवश्यक सुझाव दिये सारण जिला के छपरा स्थित पानापुर बाजार में एक आभूषण दूकान से लाखों रुपये मूल्य के आभूषण की चोरी के विरोध में व्यवसायियों ने स्थानीय बाजार को बंद कर अपना विरोध जताया